लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये प्रचार आज शाम समाप्त हो गया

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर जिले के रामकोला में एक चुनावी रैली में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी और फिल्म स्टार रविकिशन के पक्ष में आयोजित एक बाईक रैली में भाग लिया वहीं केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौर और पीयूष गोयल ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन में जनसभाएं की और घर घर जाकर प्रचार किया केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने मऊ जिले में और भाजपा के वरिष्ठ नता एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और बलिया में जनसभा को संबोधित किया वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिर्जापुर और कुशीनगर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर लोगों से जनसम्पर्क किया सपा बसपा रालोद गठबंधन ने मिर्जापुर में संयुक्त रैली की बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रैली में भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चन्दौली जिले में विपक्ष पर प्रहार करते हुए गठबंधन को भाजपा का विकल्प बताया प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण में राज्य के पूर्वांचल इलाके की महाराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सालेमपुर बलिया गाजीपुर चंदौली वाराणसी मिर्जापुर और रॉबर्टगंज सीटों पर वोट डाले जायेंगे एक रिपोर्ट सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं

कई खास उम्मीदवारों के चलते यह चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा हैं यहां प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा अनुप्रिया पटेल तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्दनाथ पाण्डेय और फिल्म स्टार रवि किशन तथा कांग्रेस के आरपीएन सिंह मैदान में हैं आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुलतान सिंह यादव इस चरण में कुल दो करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ इकतालीस मतदाता है जिनमें एक करोड़ छब्बीस लाख छियालीस हजार दो सौ अट ठहत्तर महिला मतदाता और एक हजार चार सौ सोलह थर्ड जेन्डर मतदाता शामिल हैं सातवें चरण के लिये पदेश के तेरह जिलों में तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र और पच्चीस हजार आठ सौ चौहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा है कि हमारे लोकतंत्र में बहुत सी अच्छाईयां हैं इन्हें पूरे विश्व में पहुंचाया जाना चाहिये प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेरे लिये यह चुनाव अभियान जनता के सहयोग के लिये धन्यवाद का अभियान था मेरा एक भी चुनाव कार्यक्रम निरस्त नहीं हुआ इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के विस्तृत चुनाव अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि देश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों को कवर करते हुए एक विस्तृत जनसम्पर्क अभियान चलाया गया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव के दौरान चलाये गये विस्तृत प्रचार अभियान की चर्चा की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

भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की अन्शासनात्मक समिति से भाजपा नेताओं प्रज्ञा सिंह ठाक्र अनन्त हेगड़े और नलिन कतील को नाथूराम गोडसे से संबंधित विवादास्पद टिप्पणी करने पर कारण बताओ नोटिस देने को कहा है उन्होंने समिति से दस दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि इन नेताओं की टिप्पणियां उनके अपने विचार हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन इनकी टिप्पणियां पार्टी की विचारधारा और मर्यादा के खिलाफ हैं और इस मामले को गम्भीरता से लिया गया है

अदालत ने उनकी अनुपस्थित पर नाराजगी जाहिर की है

लोकसभा चुनाव की तेईस मई को होने वाली मतगणना के लिय प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके साथ ही मतगणना को लेकर सुरक्षा क व्यापक इंतजाम भी किये जा रहे हैं कल लखनऊ में जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के निर्देशन में कलेक्ट्रेट में मतगणना कर्मियों को तीन स्तर का प्रशिक्षण दिया गया इसके अलावा एक अन्य प्रशिक्षण सांइटिफिक कन्वेशन सेंटर में भी हुआ उन्हें बताया गया कि प्रत्येक मेज पर माइक्रो आर्ब्जवर तैनात किया जायेगा उस मेज पर मतगणना की पूरी जिम्मेदारी माइक्रो आर्ब्जवर की होगी इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा पंडाल में दो अतिरिक्त माइक्रो आर्ब्जवर तैनात किये जायेंगे इनमें से एक गणना हाल में लगे कम्प्यूटर में दर्ज किये जा रहे आंकड़ों की जांच करेगा और दूसरा दोबारा उसकी जांच करेगा बिजनौर शाहजहांपुर मेरठ भदोही और बलरामपुर में भी मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया

राज्यपाल राम नाईक ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दो हैं उन्होंने अपने बधाई सन्देश में कहा कि भगवान गातम बुद्ध ने अहिंसा कर्म समानता और मोक्ष प्राप्ति के लिये सहज साधना का जो मर्म बताया था वह अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व दिये गये उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर हो गये इस मुठभेड़ में कानपुर देहात का एक जवान भी शहीद हो गया है पुलवामा के डालीपोरा में सेना को कुछ आतंकियों के छिपे होनी की सूचना मिली थी इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर इसे खाली करा लिया और तलाशी अभियान शुरू किया इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में छह आतंकियों को ढेर कर दिया गया है गोलीबारी में दो जवान भी शहीद हुए हैं उनमें एक जवान कानपुर देहात के डेरापुर म रहने वाले रोहित यादव भी है जवान के शहीद होने की खबर पाते ही कस्बे और जनपद में शोक की लहर दौड़ गई लोग शहीद के घर पहुँचकर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के प्रकाशक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया है कि उनके शब्दकोश में मोदीलाई नाम का एक नया शब्द जोड़ा गया है एक ट्वीट में प्रकाशक ने कहा है कि राहुल द्वारा दिखाया गया वह चित्र फर्जी है उच्चतम न्यायलय ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले मं कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने के अपने आदेश को वापस ले लिया है न्यायालय ने आज कहा कि राजीव को अंतरिम राहत प्रदान करने वाला उसका पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिनों तक जारी रहेगा इस दौरान वे कानूनी उपायों के लिए संबंधित अदालत में जा सकेंगे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से इस मामले में कानून के अनुसार काम करने को कहा निर्वाचन आयोग ने भाजपा अध्यक्ष के रोड़ शो के दौरान कोलकता में हुई हिंसा के बाद बुधवार को कुमार को पश्चिम बंगाल की सीआईडी के अपर महानिदेशक के पद से हटाकर उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्रालय में भेज दिया था राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस के उस विशेष जांच दल के अध्यक्ष थे जो सारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रहा था प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर से आज पांचवे दिन लगातार पूछताछ जारी रखी दोनों से वीडियोकॉन कर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली लागू करने का फैसला किया है इससे ग्रीनकार्ड यानी स्थाई कानूनी प्रवास के लिए प्रतीक्षा कर रहे भारतीय पेशेवर और कुशल कामगारों सहित हजारों विदेशी पेशेवरों को लाभ होगा ट्रम्प ने कल रोजगार्डन संबोधन के दौरान यह घोषणा की